सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कर्फ्यू के दौरान सभी सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी

इस बीच प्रदेश सरकार ने कोरोना कफर्यू के बीच पर्यटकों को हिमाचल आने की सर्शत अनुमति दी है कोरोना से अधिक प्रभावित सात राज्यों को छोड अन्य राज्यों से पर्यटक बिना कोरोना रिपोर्ट के हिमाचल में प्रवेश कर सकेंगे हालांकि पर्यटकों के लिए ई कोविड पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रहेगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कोरोना संकमण से बचाव व इसके फैलाव को रोकने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकमण के बढते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में कोरोना कफर्य लाग किया गया है और लोग सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि संकमण के प्रसार को रोका जा सके उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में लोगों को हरसंभव मदद देने के लिए सरकार कृतसंकल्प है फंटलाईन वर्कर्स प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए न्यायिक अधिकारियों और मीडियाकर्मियों को फ्रंटलाईन वर्कर्स घोषित किया है इस संबंध में प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए हैं इसके तहत न्यायिक अधिकारियों को संबंधित जिला व सत्र न्यायाधीश और मीडिया कर्मियों को निदेशक सूचना व जनसंपर्क और जिला लोकसंपर्क अधिकारी प्रमाणित करेंगे

जिला उपायक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अस्पताल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था उन्होंने कहा कि एक दिन में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के साथ यहां निर्माण कार्य शुरू हो चुका है

रिकांगपिओ में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सभी सुविधाएं जिला किन्नौर में उपलब्ध है मगर सरकार व प्रशासन इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रही है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कोरोना कफर्यू से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में कोरोना कफर्यू आज से बिना मास्क बार बार पकड़े गए तो आठ दिन की जेल भी होगी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कोरोना कफर्यू में सख्ती कम ढील ज्यादा पर्यटकों को भी प्रदेश में आने की अनुमति जबकि पंजाब केसरी लिखता है कोरोना कफर्यू के बीच हिमाचल आ सकेंगे पर्यटक दैनिक जागरण का शीर्षक है कोरोना कफर्यू तोड़ा तो सख्त कार्रवाई

आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल में आज से पब्लिक मूवमेंट बंद जरूरी कार्य को ही निकलें बाहर डेमोकेसी हिमाचल के अनुसार कोरोना कफर्यू में विशेष कार्य के लिए घर से बाहर निकलने पर दिखाना होगा पहचान पेत्र पंजाब केसरी लिखता है मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने दिए संकेत अगर स्थिति न संभली तो पूर्ण लॉकडाउन पर भी होगा विचार इसी समाचार पत्र के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए मीडिया कर्मी एवं न्यायिक अधिकारी फंट लाइन वर्कर घोषित हिमाचल ने खबर दी है स्वास्थ्य सुविधाओं पर विभाग उपायुक्त दिव्य आमने सामने मुख्यमंत्री के सामने कई उपायुक्तों ने कहा डिमांड जाने पर सिर्फ आश्वासन मिल रहे